मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समग्र विकास के लिये शिक्षा की जरूरत पर बल दिया है श्री योगी आज गोरखपुर में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गोल्डन जुबली समापन समारोह और गोरक्षनाथ साहित्यिक केन्द्र के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे रजत जयन्ती समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति ही सभ्य और समग्र समाज का निर्माण कर सकता है

मुख्यमंत्री ने शिक्षाविदो और शिक्षकों का आहवान किया कि विभिन्न शैक्षिक और रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराना चाहिये ताकि उन्हें इसका फायदा अधिक से अधिक मिल सके इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय की पत्रिका अरावली और बौद्ध शिक्षा की वैश्विक प्रासंगिकता पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफसर धोरेन्द्र पाल सिंह ने भी विचार व्यक्त किये उधर सिद्वार्थनगर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सजगता से प्रदेश में इंसफ्लाईटिस में भारी कमी आई है और दो तीन वर्षो में इस पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा इस अवसर पर श्री योगी ने जिले में एक सौ पचपन करोड़ रूपये की लागत से बनी तेरह सड़कों का लोकार्पण किया महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती पर राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आहूत किया गया है

उन्होंने कहा कि इस तरह के सत्र का आयोजन राज्य में पहली बार हो रहा है इसमें सत्त विकास के कार्यक्रमों पर मंथन के साथ साथ गरीबी उन्मूलन क्पोषण सर्व शिक्षा पर्यावरण और लैगिंक समानता सहित कई विषयों पर भी चर्चा की जायेगी बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्त विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने कारगर कदम उठाये हैं और इस दिशा में लगातारकाम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि विशेष सत्र के दौरान सदन में सभी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं विधायकों के माध्यम से आ सकेंगे असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की अंतिम सूची आज जारी कर दी गई है सूची में तीन करोड़ ग्यारह लाख इक्कीस हजार चार लोगों के नाम शामिल हैं उन्नीस लाख छह हजार छह सौ सत्तावन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं किये गये हैं इनमें वे लोग भी हैं जिन्होंने अपने दावे पेश नहीं किये हैं राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची से बाहर रह गये लोगों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उन्हें विदेशियों के लिए स्थापित अधिकरणों और शीर्ष न्यायालयों में अपील दायर करने का अवसर दिया जायेगा एनआरसी की आखिरी सूची प्रकाशित होने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है एनआरसी के बारे में असम सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनके नाम नहीं हैं उनको अपील में जाने का अधिकार है और अपील में न्याय होगा और इसलिए घबराने की डरने की इसमें कोई स्थिति नहीं है पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिये हेलीपोर्ट बनाये जा रहे हैं योजना के तहत वाराणसी मथ्रा आगरा प्रयागराज और लखनऊ में बनने वाले हेलीपोर्ट हेलीपैड और एयरस्ट्रिप के लिये शासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है हेलीपोर्ट बन जाने से पर्यटक राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आसानी से पहुंच सकेंगे इसके अलावा प्रदेश के विन्ध्याचल बरसाना और चित्रकूट में पीपीपी मॉडल पर रोप वे भी बनाये जा रहे हैं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

राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में सभी सबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं श्री अवस्थी ने कहा है कि इस आदेश के बाद भी जिन इलाकों में पॉलिथीन बैग का उपयोग जारी रहेगा वहां के स्थानीय थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों को इसके लिये जिम्मेदार माना जायेगा और उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी गत वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पॉलिथीन उपयोग पर पाबंदी लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस दिशा में प्रभावो उपाय करने के निर्देश दिये थे प्रदेश सरकार राज्य में परम्परागत खेलों को बढ़ावा देगी प्रदेश के खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेन्द्र तिवारी ने यह बात आज बलिया में मीडिया से बातचीत में कही उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पचायत में खेल के मैदानों को विकसित किया जायेगा और गांवों में निर्धारित खेल मैदानों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जायेगी

श्री तिवारी ने कहा कि सरकार परम्परागत खेलों को जीवन्त करन के क्रम में अखाड़ों और व्यायामशालाओं के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी उन्होंने कहा कि स्टेडियम में प्रवेश के लिये ड्रेस कोड निधारित किया जायेगा तथा प्रवेश कार्ड की व्यवस्था की जायेगी लोगों को निर्धारित ड्रेस और प्रवेश कार्ड के बिना स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिल सकेगा बलिया में स्पोटस स्टेडियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही यह स्टेडियम बेहतर स्वरूप में नज़र आयेगा खेल मंत्री ने फिट इंडिया अभियान को जनान्दोलन बनाने का आहवान भी किया राज्य पुलिस ने यूपी कॉप नाम से एक मोबाइल एप शुरू किया है

हमारे संवाददाता न बताया है कि इस एप के शुरू हो जाने से लोगों को पुलिस से संबंधित सत्ताईस सेवाएं घर बैठे मिल सकेगी एक रिपोट प्रदेश में यूपी कॉप नाम से लांच किये गये एप से अब लोगों को ऑन लाइन प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ साथ पुलिस से संबंधित कई तरह की सुविधाएं और जानकारियां घर बैठे प्राप्त हो सकेंगी इस एप के माध्यम से गाड़ियों की चोरी की घटनाएं ड्राइविंग लाइसेंस खोने बच्चों की गुमशुदगी और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है ऑन लाइन एफआईआर के बाद संबंधित प्रलिस कर्मिकों के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्राथमिकी पंजीकृत कराने वाले को एफआईआर की कापी उसके ईमेल पर भी मुहैया कराई जायेगी

यदि आपको एफआईआर कराना है तो आप इसके जरिये ई एफआईआर करा सकते हैं यदि आपको चरित्र सत्यापन कराना है तो आप घर बैठे यह भी पूरा सकते है

आधुनिक तकनीकी पर आधारित इस एप से आम नागरिकों को निश्चय ही खासी राहत मिलेगी मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत प्रदेश भर में अब तक पांच लाख से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण हो चुका है साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर सरकार के जरिये इन श्रमिकों को तीन हजार रूपये मासिक पेंशन आजीवन दी जायेगी प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में बताया कि राज्य में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग साढ़े चार करोड़ है उन्होंने कहा कि श्रमिकों की संख्या के मददेनजर उन्हें इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा दिलाने के लिये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजो लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है श्री मौर्य ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अट्ठारह से चालीस आयू वर्ग के कामगार अपना मोबाइल नम्बर आधार कार्ड बचत बैंक खाता या जनधन खाते की पासबुक लेकर किसी भी जन सुविधा केन्द्र पर पंजीकरण करा सकते हैं योजना का लाभ पन्द्रह हजार रूपये तक मासिक कमाने वाले श्रमिकों को मिल सकेगा राष्ट्रीय अतंर्राज्यीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के आखिरी दिन कल प्रदेश ने तीन स्वण चार रजत और चार कांस्य पदक जीते इस चैम्पियनशिप में मेरठ की पारूल चौधरी दो स्वर्ण पदक जीतने वाली अकेली एथलीट हैं उन्होंने पहले दिन पांच हजार मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था और आखिरी दिन तीन हजार मीटर स्टीपलचेज़ में भी गोल्ड मेडल जीता इसके अलावा प्रयागराज के अभय सरोज और जौनप्र के रोहित ने भाला फेंक में प्रदेश के लिये गोल्ड मेडल हासिल किये प्रयागराज के आफताब आलम ने हैमर थ्रो और सुमित सिंह ने लांग जम्प में रजत हासिल की जबकि लखनऊ ऋषिश्वर ने लांग जम्प में कांस्य पदक जीता है